राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर सात सौ छियासी रह गई है राज्य में अबतक पंद्रह हजार चार सौ छप्पन रोगी स्वस्थ हो च्के हैं और कोविड रिकवरी दर बढ़कर चौरानवे दशमलव आठ चार प्रतिशत हो गई है कल दर्ज किए नए मामलों में सबसे अधिक वेस्ट कामेंग जिले से छह ईटानगर राजधानी क्षेत्र से तीन पाप्मपारे और लेपारादा से दो दो और तवांग से एक मामले शामिल हैं

बैठक में म्ख्यमंत्री के आय्क्त सोनम चोम्बे गृह आय्क्त कालिंग तायेंग स्वास्थ्य सचिव पी पार्थिबन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे मुख्य सचिव ने जिला उपाय्क्तों को टीखाकरण के लिए कोल्ड चेन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की समयबद्ध तैयारी की निगरानी करने और इसमें आने वाली बाधाओं के बारे में राज्य म्ख्यालयों को स्चित करने का निर्देश दिया उन्होंने टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला स्तर पर योजना बनाने जिला और ब्लॉक स्तर पर त्वरित बल गठित करने को कहा

संवाददाताओं द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में म्ख्यमंत्री ने कहा कि तवांग में चर्च का म्द्दा जमीन से ज्ड़ा हआ है उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के जल संसाधन मंत्री मामा नातंग के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसमें विधायक न्यामर कारबक और न्यातो द्कम को शामिल किया गया है बहविवाह के म्द्दे पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है और समाज के सभी वर्गो को इस ब्राई को जड़ से समाप्त करने के लिए एक जूट होकर प्रयास करना चाहिए

केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय में ब्रम्हाप्त्र और बराक नदियों से जुड़े मामलों के आयुक्त टी एस मेहरा ने कहा कि यह मल्टीपर्पज दस हजार मेगावाट की जल विद्य्त परियोजना चीन की परियोजना के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करेगी उन्होंने कहा कि अरुणाचल की सियांग नदी पर प्रस्तावित नौ दशमलव दो बी सी एम अपर सियांग परियोजना से अतिरिक्त जल के प्रवार का उपयोग होगा और पानी की कमी की स्थिति में भी भंडारण हो सकेगा श्री मेहरा ने कहा कि ब्रम्हाप्त्र नदी का करीब नब्बे प्रतिशत जल सियांग सहित उसकी सहायक नदियों से आता है और इस परियोजना का उन्नीस सौ अस्सी के दशक से चर्चा चल रही है इधर म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के जलविद्यूत योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चीन को नदियों के निचले हिस्सों में बसे देशों की स्रक्षा को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं पर काम करना चाहिए संवाददाताओं दवारा सियांग नदी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में म्ख्यमंत्री ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय म्द्दा है और केंद्र सरकार विदेश मामलों पर उचित कदम उठा रही है कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने भी कई बार सियांग नदी की जलधारा को प्रभावित करने के लिए चीन के जलविदय्त परियोजना का विरोध करते हुए सरकार से इस मुद्दे पर कदम उठाने की मांग की है

वेस्ट सियांग जिले के काबू गाव का दौरा करते हए दल ने गांव वालों से संस्कृति खान पान की आदतें गांव की अर्थव्यवस्था रहने का दंग इत्यादी के बारे में प्रछ ताछ की जनजातीय लोगों की सरल जिंदगी गांव के आसपास स्वच्छता और रोजगार के बड़े साधन न होने के बावजूद जीविका के साधन जूटाने पर विजिटींग टीम ने जनजातीय लोगों की प्रशंसा की

राज्य के वन विभाग के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में ग्वाहाटी के बेटेनरी साईंस कॉलेज के विशेषज्ञ डॉ जहान अहमद ने बताया कि चिड़ियाघर के कर्मचारियों को वन्य जीवों की देखभाल उन्हें रेस्क्यू करने जानवारों के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास और खानपान के बारे में जानकारी दी गई